पारा मिलिट्री फोर्स में पचपन हजार पदों पर होगी नियुक्ति

और प्रदेश में मॉनसून हुआ कमजोर

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेगूसराय रिथित घर से चालीस गोलियां बरामद की गयी हैं इधर राजधानी पटना में ब्रजेश ठाकुर के अखबार के कार्यालय से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं सीबाआई की टीम ने कम्प्यूटर हार्डडिस्क कई फाईल और संपत्तियों के दस्तावेज को भी जब्त किया है वहीं ब्रजेश ठाक्र की सहयोगी मध् के ठिकानों पर पहुंची सीबीआई की टीम ने उसकी मां और किरायेदारों से लंबी प्रछताछ की है

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों के सीडीआर से पता चला है कि इनकी कई रसूखदारों से लंबी बातचीत होती थी वहीं टीम को इस बात की भी जानकारी मिली है कि पिछले दिनों मनीषा दयाल द्वारा मलेशिया में आयोजित भोजपुरी गौरव सम्मान समारोह में प्रदेश के कई आईएएस अधिकारियों को सम्मानित किया गया था पुलिस सम्मानित होने वाले अधिकारियों की पहचान में जुट गयी है इधर एसआईटी की टीम चिरंतन कुमार मनीषा दयाल उसके पति और बेटे के बैंक खातों को खंगाल रही है साथ ही इन लोगों के नाम से अचल संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है वहीं जांच टीम ने संस्था के लेखापाल से भी पूछताछ की है

रिपोर्ट में कहा गया है कि पचास प्रतिशत आश्रय गृहों में रहने वालों के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार होता है वहीं रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न की बातें आम हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है

उनकी जमानत अवधि बीस अगस्त को समाप्त होने वाली थी लालू प्रसाद के वकील ने न्यायामूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत की अवधि तीन महीने और बढ़ाने का आवेदन दिया था मामले में अगली सुनवाई चौबीस अगस्त को होगी

आईटीबीपी सीआईएसएफ एसएसबी सीआरपीएफ और बीएसएफ समेत अन्य अर्द्वसैनिक बलों में नियुक्ति होगी आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है जो सत्रह सितंबर तक चलेगी मैट्रिक पास अभ्यर्थी जिनकी उम्र एक अगस्त दो हजार अठारह को अठारह से तेईस वर्ष के बीच है आवेदन कर सकते हैं विशेष जानकारी कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट एसएससी डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश श्री वाजपेयी की कर्मभूमि थी और राज्य के कई स्थानों से उनका गहरा लगाव था राज्य सरकार ने उन स्थानों की सूची जारी की है जहां अस्थि कलश लाये जाएंगे और प्रवाहित किये जाएंगे

एक अगस्त को सीटेट के लिये जारी सूचना पुरितका में प्राईमरी स्तर के सीटेट के लिये जरूरी न्यूनतम योग्यता में बीएड पास उम्मीदवारों को जगह नहीं दी गयी थी

भवन निर्माण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया बैठक में न्यायाधीशों को अभिलेख भवन के लिये जमीन चिन्हित करने के लिये अधिकृत किया गया

मौसम विभाग के अनुसार तेईस अगस्त तक बारिश की कोई संभावना नहीं है इस दौरान मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा हालांकि कहीं कहीं स्थानीय कारणों से हल्की बारिश हो सकती है वहीं हवा में नमी बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पैंतीस डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ पटना प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहा

आतंकियों से बमों को प्लांट किये गये स्थानों और रास्तों की पहचान करायी गयी वहीं एनआईए की टीम आतंकियों को जहानाबाद लेकर भी गई जहां स्थानीय लोगों से आंतकियों की पहचान करायी गयी

अपराधियों के पास से चार एटीएम और कई हथियार भी बरामद किये गये हैं

मध्याहन भोजना योजना के निदेशक विनोद कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है

गृह विभाग ने इस संबंध अधिसूचना जारी कर दी है श्री वर्मा वर्तमान में नागरिक सुरक्षा में उप निदेशक थे

इस हमले में उन्हें काफी चोटें आयी जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है

मौके से पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है

हिन्दुस्तान लिखता है अटल पंचतत्व में विलीन दैनिक जागरण ने इस खबर को अलविदा अटल जी शीर्षक देते हुये लिखा है भारतीय राजनीति के शिखर प्ररूष अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब पांच किलोमीटर लंबी इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री पैदल स्मृति स्थल पहुंचे दैनिक भास्कर ने इस खबर को सुर्खी दी है अमर यात्रा उन्नीस सौ इक्यानवे में राजीव गांधी की अंतिम यात्रा के बाद पहली बार दिल्ली की सड़कों पर दिखी इतनी भीड़ प्रभात खबर ने लिखा है अनंत में विलीन हुये अटल बेटी नमिता ने दी मुखाग्नि राष्ट्रीय सहारा ने अपने पहले पृष्ठ पर वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा से जुड़ी फोटो प्रकाशित करते हुये लिखा है अलविदा अटल आज लिखता है नीतीश और सुशील मोदी ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई इसके अलावा अखबारों ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई द्वारा पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के ठिकानों पर हुयी छापेमारी की खबर को विस्तार से छापा है

पारा मिलिट्री फोर्स में पचपन हजार पदों पर होगी नियुक्ति

और प्रदेश में मॉनसून हुआ कमजोर